कोरोना वायरस समीक्षा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सचिव राजीव गॉबा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने प्रवेश मार्गों पर चौकसी रखने निगरानी बढ़ाने तथा प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को तैयार रखने पर जोर दिया श्री गॉबा ने राज्यों से कहा कि वे कोरोना वायरस से संदिग्ध रूप से ग्रस्त लोगों को पृथक रखने की सुविधाओं तथा सूचनाओं प्रबंधन और जोखिम के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था करें गौरतलब है कि देशभर में अभी तक चवालीस लोगों में कोविड उन्नीस की पुष्टि हुई है किसान रेल केन्द्र सरकार ने किसान रेल चलाने से संबंधित तैयारियों के लिए एक समिति का गठन किया है लोकसभा में पिछले सप्ताह एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस समिति में कृषि और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं उन्होंने बताया कि समिति जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड चैन उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी और इसके लिए प्रशीतन युक्त कोच वाली एक्सप्रेस और मालगाड़ी चलाई जा सकती है रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास खाली पड़ी जमीन पर सौर पैनल लगाए जाने की भी योजना है

पूरा प्रदेश उत्साह और उल्लास के रंगों में सरोबार है दिनभर लोग रंगों की मस्ती में डूबे रहे जगह जगह नगाड़ों की थाप और फाग गीत सुनाई दे रहे हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी जगह सुबह से होलियारों की टोलियां घूम घूमकर एक दूसरे को रंग और गुलाल से सराबोर कर रही है इस पर्व को लेकर बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है बच्चे और युवा सभी चौक चौराहों पर पिचकारी लेकर आने जाने वालों पर सुबह से ही रंगों की बौछार करते रहे वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सूखी होली खेलने की भी पहल की इन संस्थाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुलाल लगाकर लोगों से मिलते रहे और एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आए शाम होते ही रंग गुलाल का आनंद ले चुके लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मिठाईयां भी बांटी वहीं कुछ स्थानों पर आज फाग गायन का विशेष आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक होली के कई तरह के रंग नजर आए बस्तर में हर बार की तरह इस बार भी होली पर जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की अलग झलक देखने को मिली बस्तर में होली की शुरूआत दंतेवाड़ा के फागुन मेले से होती है इस परंपरा के अनुसार शुद्ध मिट्टी और पलाश के फूलों से बने रंग को देवी दंतेश्वरी और मेले में प्रतीकात्मक रूप से आए सैकड़ों देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं इस दौरान सांकेतिक होली जलाई जाती है वहीं फागुन मेले के ठीक अगले दिन बस्तर की पहली होली माड़पाल में जलाई जाती है

माड़पाल में होलिका दहन करने के बाद जगदलपुर में मावली मंदिर भैरमदेव मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में एक साथ होलिका दहन किया जाता है रंग अबीर और गुलाल के साथ पारंपरिक लोक नृत्य नाटक ढोल मांदर और नगाड़ों की गूंज के बीच लोगों का सामूहिक हर्षोल्लास इस पर्व को खास बना देता है उल्लेखनीय है कि बस्तर में होली का त्योहार धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और यहां के ज्यादातर पर्व प्रकृति के अलावा देवी देवताओं को समर्पित होते हैं प्रदेश के कई मंदिरों में भी होली के अवसर पर देवी देवताओं को रंग गुलाल लगाकर विशेष पूजा अर्चना की गई इस बीच राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में होली के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है रायपूर में जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात रहे शहर में चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है वहीं नशे में वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करती रही इसके अलावा हुडदंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही नगर के सभी थाना क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के अलावा नगर सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका की अर्चना देवकर चांपा खरोरा बेमेतरा सेल कोमाखान बालोद मुंगेली खौना सांकरा नवापारा और बरना स्कूल के छात्रों को पढ़ा रही है इन स्कूलों में वाई फाई कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर और लैपटॉप की सुविधा भी दी गई है पांच मिनट के वीडियो और लाइव लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई के बाद आनलाइन होमवर्क भी दिया जाता है इस योजना से करीब एक हजार स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए विभिन्न विषयों के ऑनलाइन वीडियो तैयार किए जा रहे हैं लघु फिल्म राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी इक्कीस मार्च से लघु फिल्म समारोह का आयोजन किया जाएगा दो दिवसीय यह समारोह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम में होगा इस बार फिल्मों के निर्माण के लिए चार विषय निर्धारित किए गए हैं जिसमें मानव तस्करी बच्चों के अधिकार और बाल श्रम शिक्षा के अलावा नशा उन्मूलन और नशा पीड़ितों के पूनर्वास तथा साइबर क्राइम है लघ् फिल्म समारोह के लिए अब तक पांच सौ साठ फिल्में प्राप्त हो चुकी है जिसमें पचपन देशों की फिल्में भी शामिल हैं श्रेष्ठ लघु फिल्मों को बाईस श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए दो सम्मान दिए जाएंगे वहीं छत्तीसगढ़ी में श्रेष्ठ लघु फिल्म को एक लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा थल सेना भर्ती रैली भारतीय थल सेना की भर्ती रैली आगामी सोलह अप्रैल से कवर्धा में शुरू होगी आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस रैली में छत्तीसगढ़ के सभी जिले के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे रैली में सैनिक सामान्य ड्यूटी सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रैड मैन के पदों पर भर्ती की जाएगी इच्छुक आवेदक इकतीस मार्च तक थल सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं आवेदक आगामी एक अप्रैल के बाद इसी वेबसाइट पर अपने ई मेल पर लॉगइन करके प्रवेश पत्र भर्ती की तारीख और रैली स्थान के विवरण की जानकारी ले सकेंगे मुख्य सचिव समीक्षा बैठक राज्य सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए स्वीकृत और आवंटित राशि का समुचित उपयोग करें इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने मंत्रालय में केन्द्र प्रवर्तित और क्षेत्रीय योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि व्यय तथा योजनाओं की जानकारी ली बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि का आबंटन शेष है तो समुचित कार्रवाई कर आबंटन प्राप्त कर लिया जाए बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के वित्तीय संसाधनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी एथलेटिक्स मीट भुवनेश्वर में आयोजित पच्चीसवीं ऑलइंडिया फॉरेस्ट एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता में भिलाई के युधिष्ठिर साह ने चार स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकार्ड बनाया है युधिष्ठिर ने आठ सौ पन्द्रह सौ पांच हजार मीटर और पच्चीस किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया मौसम प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं वहीं अड़तालीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की भी संभावना है राजधानी रायपुर में भी आज सुबह हल्की बारिश हुई बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान तैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया वहीं सबसे कम तापमान तेरह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर का रहा संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज सुधारक और मराठी कवयित्री स्वर्गीय सावित्री बाई फ्ले की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी राजधानी रायपुर के लभांडी इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है

कांकेर जिले में ड्यूटी से लौट रहा जवान ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हो गया